पलामू में उग्रवादियों से पूलिस की हई मुठभेड़ कई हथियार बरामद

आज तीन संक्रमितों की मौत के बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक सौ संतानबे हो गई है आज राजधानी रांची स्थित रिम्स में तीन कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है उधर महगामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह की कोरोना पॉजिटिव आई है

फिलहाल दीपिका पांडेय सिंह को डॉक्टरों ने घर में आईसोलेशन में रखने का फैसला किया है

राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों में ङ्यूटी कर रहे चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के आइसोलेशन और क्वारेंटीन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर उच्च जोखिम क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी एक सप्ताह के लिए क्वारेंटीन होंगे इसके बाद आईसीएमआर के टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अनुसार उन सभी की जांच की जाएगी इसमें जो संक्रमित पाए जाएंगे उनका कोविड अस्पताल में इलाज होगा और जो संक्रमित नहीं मिलेंगे वे फिर से ड्यूटी करेंगे स्वास्थ्य सचिव ने यह भी बताया कि सभी कोविड अस्पतालों में एक संक्रमण नियंत्रण पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के संक्रमण से बचाव व नियंत्रण की व्यवस्था करेंगे नए दिशा निर्देश के तहत सभी स्वास्थ्यकर्मियों को अपनी चिकित्सीय स्थिति की जानकारी अस्पताल के अधिकारियों को अनिवार्य रुप से देंगे मारवाड़ी यूवा मंच जमशेदप्र शाखा द्वारा ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई है कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने नौ ऑक्सीजन सिलेंडरों का उदघाटन किया और कहा कि कोरोना काल में गरीबों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना एक अच्छी पहल है उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी आवश्यकता है

उनहोंने सभी लैब संचालकों से भी अपील की है कि एसआरएफ आईडी जारी किए बिना किसी भी व्यक्ति का ना सैंपल लिया जाए और ना ही कोविड टेस्ट रिपोर्ट जारी की जाए उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी लैब में बिना एसआरएफ आईडी दिए किसी का सैंपल देने के लिए बाध्य किया जाता है तो इसकी जानकारी तुरंत जिला प्रशासन को दें उन्होंने कहा कि एसआरएफ आईडी बताए बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट जारी की गयी तो संबंधित लैब के खिलाफ पैंडेमिक एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी वैश्विक महामारी कोरोना के बीच हजारीबाग जिले के आधा दर्जन से अधिक युवक युवतियों ने यहां की स्थानीय कला कोहबर और सोहराय को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में नया प्रयोग शुरू किया है इसे लेकर मास्क पर कोहबर और सोहराय कला उकरे जा रहे हैं ताकि यह सुंदर लगे और लोग आकर्षित होकर इसका उपयोग करें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

मुठभेड़ स्थल पलामू और चतरा का बॉर्डर क्षेत्र है जंगली क्षेत्र का फायदा उठाकर उग्रवादी मौके से भाग निकले वहीं सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल से एक इंसास कार्बाइन रायफल बरामद किया है सुरक्षाबलों में जगुरआर और जिला पुलिस शामिल थी पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि सुरक्षाबलों को गुप्त सुचना मिली थी कि कुछ उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इलार्क में घूम रहे हैं जवानों को देखते ही उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने भी फायरिंग की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के दो पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया जायेगा झारखंड के दो पुलिस कर्मियों में हेडक्वार्टर डीएसपी नीरज कुमार और एसआई पुष्पराज शामिल हैं इनके अलावा सीबीआई इंस्पेक्टर परवेज आलम को भी सम्मानित किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल की शुरूआत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी केंद्रीय प्रत्येक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने हाल के वर्षो में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या इकतालीस दिनों में ही पांच लाख पार कर गई है इनमें से एक लाख लोगों के कर्ज भी मंजूर कर दिए गए हैं इस योजना को लेकर रेहडी और पटरी विक्रेताओं में उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष के लिए दस हजार रूपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का पाठ्य पुस्तकों में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए आज नई दिल्ली में नेताजी भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश अभिलेखागार पुस्तक का विमोचन करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का व्यापक और उद्देश्यपूर्ण उल्लेख करने की आवश्यकता पर जोर दिया आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेने और नये भारत का निर्माण करने की दिशा में प्रयास करने का आहवान किया इधर गृहमंत्री अमित शाह ने अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अपनी श्भकामनाएं दी हैं श्री शाह ने टवीट के माध्यम से कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की संबसे बड़ी शक्ति और सम्पत्ति होते हैं भारत के पास विलक्षण महत्वाकांक्षा और कौशल से सम्पन्न युवा शाक्ति मौजूद है

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर राजधानी रांची सहित राज्यभर में उत्साह का माहौल है कोरोना को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है और सिर्फ पुजारी ही पूजा में शामिल होंगे वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु अपने अपने घरों में ही जन्माष्टमी की प्रजा अर्चना कर रहे हैं संक्षिप्त खबरें जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकटकाल में समस्याएं बढ़ी है

चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र में एक निजि बैंक के कर्मचारी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी इसे लेकर हत्या और लूट का मामला दर्ज कराया गया है पलामू के विश्रामपुर स्थित रेहला थाना क्षेत्र में आज एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ चलती मालगाड़ी के आगे कूद गई

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है